मुख्यमंत्री ने कहा विभिन्न विभागों में क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए सरकार प्रयासरत

और विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित

गिलोटिन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विनियोग विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक को पारण के लिए भी सदन में प्रस्तुत किया इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया

आज भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी मांग पर सदन में विपक्ष के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई विपक्ष के सभी कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से सदन में गिर गए

प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि सभी विभागों में खाली पदों को भरना संभव नहीं है लेकिन सरकार विभिन्न विभागों में क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए प्रयासरत है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके वे आज विधानसभा में स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों को लेकर विधायक राम लाल ठाक्र और जीत राम कटवाल के संयुक्त सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा इससे स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा इससे पूर्व मूल सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जहां पर विशेषज्ञों की जरूरत होगी वहां पर इनकी तैनाती कर दी जाएगी

सैजल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में जिन डाक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों ने भी सेवाएं दी उन्हें सरकार सम्मानित करेगी सैजल ने विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुपूरक सवाल पर कहा कि कोरोना सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव देने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है

विधायक आशा कुमारी के एक सवाल के जवाब में वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है लेकिन यह मामला अभी अदालत में है उन्होंने कहा कि अदालत की अनुमति मिलते ही शिमला में यह कार्यालय खोल दिया जाएगा वक्तव्य कोरोना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हैं कि वे मास्क लगाने की अनिवार्यता पर ज़्यादा जुर्माना लगाने के पक्ष में नहीं हैं आज विधानसभा में कोविड महामारी से बचाव को लेकर सावधानियों संबंधी एक विशेष वक्तव्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस से लोगों को दो गज की दूरी और मास्क पहनने के लिए जागरूक करने को कहा जाएगा

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और नियमों में लापरवाही की वजह से ही सरकार को फिर से बंदिशें लगानी पड़ी हैं इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से सदन के सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड बचाव के लिए उचित व्यवहार को कड़ाई से अपनाएं इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से आग्रह किया कि वह लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करने को प्रभावी कदम उठाएं उन्होंने मास्क न पहनने वालों का पांच हजार रुपए का चालान काटने का विरोध किया विधायक हर्षवर्धन चौहान ने सदन में अधिकांश सदस्यों और खासकर मुख्यमंत्री द्वारा मास्क न पहनने पर कड़ा एतराज जताया

वक्तव्य जयराम ऊना के रहने वाले संजीव कुमार के शव के अवशेष जल्द ही सऊदी अरब से हिमाचल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक वक्तव्य के माध्यम से बताया कि सऊदी अरब के जेद्दाह में भारत के उच्चायोग से संजीव कुमार की मौत और उसे दफनाए जाने का मामला विदेश मंत्रालय ने हिमाचल सरकार की पहल पर प्रमुखता से उठाया था इसके बाद भारतीय उच्चायोग ने सूचित किया है कि सऊदी अरब में ट्रक चालक संजीव कुमार शर्मा की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी और उसके धर्म का अनुवाद गलती से मुस्लिम कर दिया था जिस पर उसे सऊदी अरब की सरकार ने दफना दिया था लेकिन बाद में यह मामला प्रदेश सरकार ने विदेश मंत्रालय से उठाया मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर विदेश मंत्री से बातचीत भी की और अब जल्द ही संजीव कुमार के शव के अवशेष भारत लाए जा सकेंगे

सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए फिर से बंदिशें शुरू करने की बात कही उन्होंने इसके लिए सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों से सहयोग मांगा उन्होंने बजट सत्र में सकारात्मक सहयोग के लिए विपक्ष विधानसभा सचिवालय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताया नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र के पहले दिन हुई घटना के बाद सदन को चलाने के लिए हुए सकारात्मक प्रयासों की सराहना की और कहा कि कांग्रेस हमेशा विधायक संस्थान मजबूत करने के पक्ष में रही है विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्तापक्ष विपक्ष विधानसभा सचिवालय अधिकारियों कर्मचारियों और मीडिया का आभार जताया

भेंट पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने आज शिमला रिश्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी दुर्घटना कुल्लू ज़िले के बंजार उपमण्डल में सोझा के समीप आज एक कार को गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान ग्रीनपीस कॉलोनी ढालपुर के अमर प्रकाश और शकुन्तला के रूप में हुई है ये दोनों पति पत्नी थे